इसरो के अध्यक्ष डॉ केसिवन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसरो ने इस वर्ष के शेष महीनों में प्रति दो सप्ताह पर और अगले वर्ष के पहले तीन महीनों में कई प्रक्षेपण की योजनाएं तैयार की है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कारों का वितरण करेंगी इस दौरान तीन तकनीकी सत्रों में प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और विस्तार पर मंथन भी होगा इन सत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर क्लस्टर आधारित विकास की दशा दिशा और संभावनाएं तथा एमएसएमई विकास की योजनाएं नवाचार और ई मार्केट पर विचार विमर्श होगा

श्री रावत विधानसभा चूनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियाँ का जायजा लेंगे पहले दिन आज प्रदेश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से रूबरू होकर चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जायेगी

इनमें लोगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों रहन सहन नृत्य कला व्यंजन और विघाओं से रू ब रू होने का मौका मिलेगा

इन केंद्रों पर छात्र शनिवार और रविवार को अभ्यास कर सकते हैं

सरकार ने इस साल से जेईई मेन्स और यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं के पैटर्न भी बदल दिये हैं अब ये परीक्षाएँ ऑनलाइन हो रही हैं इसलिए विशेषकर गरीब तबकों और दूरदराज के छात्रों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर इन केंद्रों की स्थापना की गयी है

श्री मेघवाल कल अजमेर में अनुसूचित जाति मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

इस मौके उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी

इनके समर्थन में जयपूर में लो फ्लोर बसों के कर्मचारी भी हड़ताल पर है हड़ताल से प्रदेश में चार हजार पांच सौ रोड़वेज बसों का संचालन प्रभावित होने की संभावना है रोड़वेज कर्मचारियों के एक गुट ने हड़ताल का विरोध किया है हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है